न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायम्र्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है

न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है उच्च न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल गिरधारी लाल पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है

निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था

पतिक्रिया कांग्रेस नेता सज्जन क्मार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिशें अब नाकाम हो चूकी हैं

एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आखिरकार इस मामले में न्याय मिल गया है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंद्माजरा ने मांग की है कि दंगों में शामिल अन्य कांग्रेस नताओं पर भी मुकदमें चलाए जाये संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री चंद्रमाजरा ने कहा कि एनडीए ने ही दंगों से जुड़े मामलों की फिर सुनवाई पर बल दिया जबकि कांग्रेस पीड़ितों को न्याय से वंचित कराने में लगी थी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लखनऊ में आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करता है कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि भारत सरकार का इससे कोई संबंद्व नहीं है सरकार से सरकार का सौदा है और इसमें कोई बिचौलियां नहीं है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस को सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिये बाइट कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है झूठ बोलो जोर से बोलो बार बार बोलो उनको लगता है कि ऐसा करने से कुछ न कुछ तो चिपक ही जायेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का पूरा झूठ का पर्दाफाश हो गया है और झूठ झूठ ही होता है वो सच्चाई में तब्दील नहीं हो सकता कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर तीन मुद्दे बार बार उठाये

हाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमे कांग्रेस से अधिक वोट मिले है सोट कम रहना हमारे हारने का प्रतीक नहीं है जनता ने हमें स्वीकार किया है ये अलग बात है कि सीट की कमी के कारण हम चुनाव हारे

उधर कानपुर में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राफेल को लेकर जो झूठ का पहाड़ बनाया था उच्चतम न्यायालय ने उसकी हवा निकाल दी है उसे देश की जनता और सेना से मांफी मांगनी चाहिये उन्होंने कांग्रेस के दामन को दागदार बताते हुए कहा कि पांच हजार करोड़ रूपये का नेशनल हेराल्ड में हेराफेरी की जांच चल रही है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद जमानत पर चल रहे हैं इसी तरह कांग्रेस के कई और नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आराप है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिये पाटी सदस्य कल और परसों पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगे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

शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से श्ररू होगा जो चार दिनों तक चलेगा

उन्नीस दिसम्बर को दोपहर में वित्त मंत्री दो हजार अट्ठारह उन्नीस का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे इन मांगों पर बीस दिसम्बर को चर्चा होगी कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिये आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष की ओर से सत्र संचालन में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि तथ्यों पर आधारित तार्किक चर्चा के लिये सरकार सदैव तैयार है बैठक में समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और अपना दल के नील रत्न सिंह पटेल शामिल हुए और सभी ने अपने अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया सोनभद्र हादसा सोनभद्र जिले में आज एक मजदूरों से भरे ट्रक के खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छियालीस लोग घायल है हादसा आज शाम साढ़े पांच बजे रार्बट्सगंज इलाके के पास मारकुंडा घाटी में हुआ जब मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा हादसे में घायल लोग मजदूरी करके अपने गांव सांगोबांध लौट रहे थे हादसे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गये राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है

समाप्त